कल से राज्य विधानसभा का वर्षाकालीन सत्र शुरू हो रहा हैसुरक्षा के किये गए हैं कड़े बंदोबस्तसत्र में प्रश्नकाल के दौरान उठाये जाएंगे विभिन्न मुद्दे

कुमाऊं में नंदा महोत्सव की धूमनैनीताल और अल्मोड़ा में नंदा मेला हुआ शुरूबागेश्वर में भी नंदाष्टमी मेले की शुरुआत हई स्लग रक्षा मंत्री धारचूला रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में भारतीय सेना की ओर से आयोजित दो दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का शुभारम्भ किया सेना के हेलीकॉप्टर से धारचूला पहुंची रक्षा मंत्री ने सबसे पहले नाभिढांग और गुंजी में सेना की चौकियों का निरीक्षण किया वहीं चिकित्सा शिविर में केंद्रीय मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है इस अवसर पर सेना की ओर से ये चिकित्सा शिविर सीमान्त क्षेत्र की जनता की आवश्कतानुसार लगाया गया है उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा शिविर से निश्चित रूप से सीमान्त के लोगों को लाभ मिलेगा

केंद्रीय मंत्री ने जनपद में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ भी किया

सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए हैं विधानसभा की ओर जाने वाले सभी मार्गो पर बेरीकेडिंग की गई है सत्र के दौरान विभिन्न विधायी कार्यो के निष्पादन के साथ ही प्रश्नकाल के दौरान जनहित के विभिन्न मुद्दों को प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाएगा

इस बीच विधानसभा अध्यक्ष ने सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की उन्होंने कहा कि सत्र में कोई व्यवधान न हो इसके लिए विभागों ने पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली है

मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में गंगा क्विज के विजेताओं को पुरस्कृत किया इस मौके पर श्री रावत ने कहा कि गंगा की निर्मेलता के लिए केवल प्रतियोगिताओं में भाग लेकर ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जुड़ कर कार्य करना होगा उन्होंने कहा कि गंगा हमारी सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग है इसलिए इसकी स्वच्छता हमारी सामूहिक और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है इस अवंसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने छात्र छात्राओं को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने की शपथ दिलाई गंगा क्विज का आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एवं पेयजल नमामि गंगे और स्वच्छता विभाग की ओर से किया गया था इस अवसर पर जूनियर कैटगरी में प्रथम पुरस्कार आर ए एन स्कूल रूद्रपुर द्वितीय पुरस्कार दिल्ली पब्लिक स्कूल बीएचईएल हरिद्वार तृतीय पुरस्कार डा जेवीएन स्कूल रूद्रप्रयाग को दिया गया सीनियर कैटगरी में प्रथम पुरस्कार कुर्माचंल एकेडमी अल्मोड़ा द्वितीय पुरस्कार द एशियन एकेडमी पिथौरागढ़ तृतीय पुरस्कार कैम्पस स्कूल पन्तनगर को प्रदान किया गया

इसलिए आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना होगा मुख्यमंत्री ने देहरादून के पण्डित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में आयोजित स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में ये बात कही उन्होंने पार्क की स्वच्छता के लिए श्रमदान किया उन्होंने लोगों से दैनिक जीवन में केमिकल्स और कृषि कार्यों में कीटनाशकों के कम से कम प्रयोग की अपील की

वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई दी उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नये भारत के निर्माण के लिये श्री मोदी के प्रयास निश्चित रूप से सफल होंगे उन्होंने कहा कि श्री मोदी के सहयोग से उत्तराखंड विकास की दिशा में बढ़ रहा है

जिले को स्वच्छ बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शौचालय निर्माण कराये जा रहे हैं अब जिले के दूरदराज के इलाकों में भी शौचालय को लेकर जागरूकता बढ़ी है जिले के सभी खंड विकास अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में शौचालय नाली बनवाने और कूड़ेदान का इंतजाम करने के निर्देश दिये गये हैं इसके अलावा ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में जाकर शौचालय से वंचित घरों का सर्वे करने के निर्देश दिये गए हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास को संकल्पित है

वहीं टिहरी जिले के गांवों को भी यह पुल उत्तरकाशी से जोड़ने का काम करेगा स्लग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन योजनाओ में से एक है जो युवाओं को रोजगार से जोड़ने में सफल साबित हो रही है पहले बेरोजगार युवओं को बिना गांरटी के बैंक से लोन लेना बड़ा मुश्किल काम था लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए अब लोन लेना आसान हो गया है

हल्द्वानी के ही वीरेंद्र बिष्ट ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन लिया और इन्वर्टर वॉटर पम्प जेनसेट और पत्थर कटर आदि की मशीन को बेचने का कारोबार शुरू किया आज उनका व्यापार इतना बढ़ गया है की वह अपना सामान कई जगह सप्लाई करने लगे हैं इसमें कोई दोराय नहीं है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना राज्य के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है योजना का लाभ उठाकर जंहा लोग स्वरोजगार से जुड़कर अपना व्यावसाय शुरू कर रहे हैं वहीं दूसरे लोगों को भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं

नैनीताल में आज नंदा मेले का आगाज हो गया है मां नंदा सुनंदा की मूर्तियों का निर्माण केले के वृक्ष से किया गया वहीं अल्मोड़ा में भी मां नंदा प्रसिद्ध मेला आज से शुरू हो गया है नैनीताल में आज मां नंदा की मूर्तियां बनाई गई जिनके दर्शन प्राण प्रतिष्ठा के बाद भक्त कर पाएंगे अल्मोड़ा में मां नंदा सुनंदा की विधि विधान से पूजा के बाद मेले का शुभारंभ पूर्व सांसद के सी सिंह बाबा ने किया उन्होंने राज्य सरकार से नंदा देवी मेले में अष्टमी और नवमी के दिन अवकाश घोषित करने की मांग की

वहीं बागेश्वर में ऐतिहासिक नन्दाष्टमी मेले का श्भारंभ केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री अजय टम्टा ने किया

इस अवसर पर तमाम सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई वहींमुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने भगवान विश्वकर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों खासकर अभियांत्रिकी निर्माण और तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा नवनिर्माण और सुजन के देवता हैं उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा जयंती का पर्व देश प्रदेश के निर्माण और विकास में योगदान देने वाले उद्यमियों शिल्पियों और कर्मकारों को सम्मानित करने का भी अवसर है